प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू का आह्वान किया

प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से निपटने में पूरी तरह सहयोग करें उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतवासी का सतर्क और सजग रहना बहत जरूरी है प्रधानमंत्री ने नोवेल कोरोना से जुड़े मुद्दों और इससे निपटने के प्रयासो पर जानकारी देने के लिए कल राष्ट्र को संबोधित करते हए कहा कि इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुख बातों पर ध्यान देना आवश्यक है इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिये दो प्रमुख बातों की आवश्यक्ता है पहला संकल्प और दूसरा संयम

केन्द्र सरकार राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचायेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ श्री मोदी ने कहा कि इस बीमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए संयम भी अनिवार्य है उन्होंने कहा कि संयम का तरीका है भीड़ और घर से बाहर निकलने से बचना उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे कुछ सप्ताह जहां तक संभव हो घर से बाहर न निकलें उन्होंने पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों से आग्रह किया कि वे भी घर के अंदर ही रहें

प्रधानमंत्री ने देशवासियों से जनता कर्फ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू के लिए समर्थन मांगा जनता कर्फयू यानि जनता के लिये जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फयू

इस जनता कर्फ्यू के दर्मियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर ना निकले ना सड़क पे जाये ना मोहल्ले में या सोसायटी में इकडे हों अपने घरों में ही रहें

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा जनता कर्फ्यू की सफलता और इसके अनुभव हमें आर्न वाली चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे प्रधानमंत्री ने लोगों से यह भी अपील की कि हर व्यक्ति कम से कम दस लोगों को फोन करके कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के साथ जनता कर्फय् के बारें में भी बताएं श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है उन्होंने इस महामारी के कारण आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय के तहत कोविड नाइन्टीन आर्थिक कार्यबल बनाने की घोषणा की

यह टास्क फोर्स सारे स्टेक होल्डर्स से नियमित संपर्क में रहते हुए फ्रीडबैक लेते हुए हर परिस्थिति का आंकलन करते हुए निकट भविष्य में फैसले लेगी यह टास्क फोर्स यह भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिये जितने भी कदम रवाये जायें उन पर प्रमावी रूप से अमल हो प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक विज्ञान इस महामारी से बचने का कोई निश्चित उपाय नहीं सुझा सका है और न ही इसका कोई टीका बन पाया है इसलिए चिंता बढ़ना बहत स्वभाविक है प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि देश में दूध खाने पीने का सामान दवाइयों और जीवन के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओ की कमी ना हो इसके लिए सरकार सभी उपाय कर रही है मैं देशवासियों को इस बात के लिये भी आश्वस्त करता हूं कि देश में दूध खानेपीने का सामान दवाईयां जीवन के लिये जरूरी आवश्यक चीजों की कमी ना हो इसके लिये तमाम कदम उठाये जा रहे हैं यह सप्लाई कमी रोका नहीं जायेगा इसलिये मेरा समी देशवासियों से यह आप्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड़ ना लगायें

पैनिक बाइंग यह कतई ठीक नहीं है उसको ना करें कर्मचारी चयन आयोग एससीसी ने कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर सम्मिलित उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा दो हजार उन्नीस कल स्थगित कर दी आयोग ने तीस मार्च को होने वाली जुनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा भी टाल दी है नई तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट रोजाना देखने की सलाह दी गई है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कल समी विश्वविद्यालयों और संबद्ध मान्यता प्राप्त कॉलेजों को कोरोना वायरस महामारी के कारण इस महीने के अंत तक परीक्षाएं स्थगित करने के निर्देश दिए इस अवधि के दौरान मूल्यांकन का काम भी निलंबित रहेगा कोरोना वायरस के संक्रमण के मददेनजर मिर्जाप्र स्थित माँ विन्ध्यवासिनी मन्दिर आज प्रातः मंगला आरती के बाद श्रधालुओं के लिये अनिश्चितकाल के लिये बंद कर दिया गया माँ विन्यवासिनी मन्दिर सहित काली खोह व अष्टभुजा मन्दिरों को भी बन्द किया गया कोरोना वायरस के मद्देनजर मौलाना कल्बे जव्वाद नकवी ने ऐलान किया है कि आज और सत्ताइस मार्च को लखनऊ की आसफी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा नहीं की जायेगी उन्होंने देश के विभिन्न शहरों में मौजूद अन्य इमामों से भी जुमे की नमाज दो सप्ताह के लिए स्थगित करने की अपील की है निर्मया सामूहिक दृष्कर्म मामले के चारो दोषी पवन गुप्ता विनय शर्मा अक्षय ठाक्र और मुकेश सिंह को आज सुबह दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गयी कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगाने की दोषियों की अंतिम याचिका खारिज कर दी थी दिसम्बर दो हजार बारह में पैरा मेडिकल छात्रा निर्मया के साथ दक्षिण पश्चिम दिल्ली में एक चलती बस में छ लोगों ने दृष्कर्म किया था इस मामले के दोषियों में से एक ने जेल में आत्महत्या कर ली थी और एक अन्य किशोर अभिय्क्त को तीन साल तक बाल सुधार गुह में रखे जाने के बाद रिहा कर दिया गया था पहली बार तिहाड़ जेल में चार दोषियों को एक साथ फांसी पर लटकाया गया निर्भया के माता पिता ने कहा है कि यह सजा भविष्य में अपराधियों के लिए सबक बनेगी उन्होंने निर्भया और देश की लाखो महिलाओं को न्याय देने के लिए भारतीय न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया प्रदेश की योगी सरकार के तीन वर्ष पूरा होने के मौके पर राज्य सरकार के मंत्रियों ने कल विभिन्न जिलों का दौरा कर सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा उप मृख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानप्र में आयोजित प्रेसवार्ता में सरकार की उपलब्धियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यो पर चर्चा की श्री मौर्य ने कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश में की गई तैयारियों पर कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज और संदिग्यों की जांच के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्होंने कहा कि कोरोनो से संक्रमित सभी मरीजों के खर्च की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठायेगी बस्ती जिले में ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र विकास मंत्री और प्रभारी मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक बिना भेदभाव के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहंचाया जा रहा है प्रदेश की भाजपा सरकार ने आवासविहीन परिवारों का फिर से सर्वे कराया जिसमें पचास लाख लामार्थी पात्र पाये गये उन्हें अगले माह से प्रधानमंत्री आवास दिया जायेगा श्री सिंह ने कल बस्ती में जिला अस्पताल पहुंच कर कोरोना वायरस को लेकर की गई व्यवस्था का जायजा लिया उन्होंने सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन भी किया औरैया जिले के प्रभारी और कारागर राज्यमंत्री जय कमार सिंह जैकी ने सरकार के तीन साल के कामों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि राज्य में विकास कार्य तेजी से कराये जा रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हुई है